छापेमारी अभियान जारी

कल सुपौल के बलुआ बाजार में होगा अंतिम संस्कार

आरा व्यवहार न्यायालय परिसर में हुए बम विस्फोट मामले में आज अदालत आठ दोषियों को सजा सुनायेगी पिछले शनिवार को न्यायालय ने इस मामले में कुख्यात लम्बू शर्मा नईम मियां और चांद मियां समेत आठ आरोपियों को दोषी ठहराया था वहीं इस मामले में अदालत ने पूर्व विधायक सुनील पांडेय समेत तीन आरोपियों को बरी कर दिया था इधर इस धमाके के दोषी चांद मियां ने आरा स्थित अपर जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में कल आत्मसमर्पण कर दिया वह शनिवार को कोर्ट में हाजिरी लगाने के बाद फरार हो गया था गौरतलब है कि तेईस जनवरी दो हजार पन्द्रह को आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट के दौरान दो लोगों की मौत हो गयी थी और बीस अन्य घायल हो गये थे

उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है एडीजी मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि विधायक के देश छोड़ने की आशंका के मद्देनजर लुक आउट नोटिस की मंजूरी के लिए गृह विभाग को फाइल भेज दिया गया है उन्होंने बताया कि आरोपी विधायक की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है जो उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है इधर पुलिस ने कल अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी से लंबी प्रछताछ की और उनके सरकारी सुरक्षा गार्ड से भी कई जानकारियां ली पुलिस ने अनंत सिंह के खास माने जाने वाले रविन्द्र यादव के बाढ़ थाना क्षेत्र के सहनौरा गांव स्थित आवास में भी छापेमारी की इस दौरान एक लाईसेंसी राइफल और बानवे गोलियां जब्त की गयी प्रलिस विधायक की सरकारी मोबाईल की भी जांच कर रही है पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में गवाही नहीं देने वाले छह लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने समन जारी किया है कल इन सबों की सीबीआई की ओर से गवाही होनी थी लेकिन ये कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए जिसके बाद जांच एजेंसी की ओर से समन जारी करने का आवेदन अदालत को दिया गया था सारण जिले के दिघवारा थाना क्षेत्र के दियारा में दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गयी पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने बताया कि रंगदारी को लेकर हुए विवाद में घटना को अंजाम दिया गया उन्होंने बताया कि अपराधियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अब तक तीन संदिग्धों को दो मोटरसाईकिल और एक देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है इधर लखीसराय जिले के चानन थाना के मननपुर महादलित टोला में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाते हुए दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के सभी कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु साठ वर्ष निर्धारित कर दी है मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सीआरपीएफए बीएसएफ आईटीबीपी और एसएसबी के सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु साठ वर्ष होगी गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी सीएपीएफ कर्मियों के लिए एक समान सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित करने का आदेश दिया था गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश उन कर्मियों पर लागू नहीं होंगे जो दिल्ली हाईकोर्ट के ये निर्णय आने से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने बताया है कि चंद्रयान ट्र अब से थोड़ी देर बाद लगभग साढ़े नौ बजे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा अंतरिक्ष यान में मौजूद द्रव्य इंजन के जरिए अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में पहुंचाया जाएगा आज चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद यान को इक्कीस अगस्त और एक सितम्बर के बीच चार और कक्षाएं सफलता पूर्वक पार करनी होंगी इसके बाद यह चंद्रमा की सतह के और करीब आ जाएगा कभी कभी और उमराव जान जैसी क्लासिक फिल्मों को अपने संगीत से सजाने वाले फिल्मी द्रनिया के जाने माने संगीतकार खय्याम का मूम्बई के एक अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया वे बानवे वर्ष के थे दस दिन पहले फेंफड़ों में संक्रमण के बाद उन्हें जूह के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था शोला और शबनम त्रिशूल और नूरी जैसी फिल्मों में दिए उनके संगीत को हमेशा याद किया जाएगा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का पार्थिव शरीर आज दोपहर बाद विशेष विमान से पटना लाया जायेगा डॉक्टर मिश्र के पूत्र नीतीश मिश्र ने बताया कि पार्थिव शरीर को पटना के शास्त्रीनगर स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जायेगा उसके बाद पार्थिव शरीर बिहार विधान मंडल परिसर लाया जायेगा क्छ देर के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में भी पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जायेगा नीतीश मिश्र ने बताया कि कल सुबह डॉक्टर मिश्र का पार्थिव शरीर मुजफ्फरपुर दरभंगा और झंझारपुर होते हुए पैतृक आवास सुपौल के बलुआ बाजार ले जाया जायेगा जहां उनका अंतिम संस्कार होगा मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जतायी है विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए झारखंड और पश्चिम बंगाल तक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है जिसके प्रभाव से बारिश हो रही है इधर नवादा जिले के ककोलत जलप्रपात क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एक सप्ताह के लिए जल प्रपात बंद कर दिया है और निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है प्रधानमंत्री स्रक्षित मातृत्व योजना के सफल क्रियान्वयन से जच्चा और बच्चा मृत्यु दर में गिरावट आयी है हमारे खगड़िया संवाददाता की एक रिपोर्ट साउंड बाईट खगड़िया जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत प्रत्येक महीने की नौ तारीख को सरकारी अस्पतालों में शिविर लगाकर गर्मवती महिलाओं की जांच की जा रही है

आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन

दोपहर तीन बजे शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा परिणाम जारी करेंगे परीक्षार्थी अपना रिजल्ट बीएसएमईबी डॉट ओआरजी पर देख सकते हैं पाटलिपुत्र खेल परिसर में चल रहे ऑल इंडिया डाक शतरंज टूर्नामेंट के टीम खिताब के पहले राउंड में बिहार ने हिमाचल प्रदेश को तीन एक से पराजित कर अपने अभियान की शुरूआत की अररिया जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भट्ठाबाड़ी स्थित मनपुरी धार में डूबने से भाई बहन समेत तीन बच्चों की मौत हो गयी वहीं सीवान जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित तरवाड़ा मोड़ के पास स्नान करने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से दो बच्चों की मौत हो गयी बक्सर जिले के चक्की प्रखंड स्थित लक्ष्मण डेरा गांव में मवेशी चराने के दौरान उच्च क्षमता विद्युत तार की चपेट में आने से तीन किसानों की मौत हो गयी गोपालगंज स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एडीबी शाखा से गोल्ड लोन लेने के नाम पर सवा दो करोड़ रूपये ठगी के मुख्य आरोपी सतीश कुमार प्रसाद ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने आत्मसमर्पण कर दिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के निधन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने लिखा है बिहार में कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र नहीं रहे कल पैतृक गांव बलुआ बाजार में होगा अंतिम संस्कार हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अखबार लिखता है ट्रंप से बोले मोदी सीमा पार से हिंसा की साजिश राष्ट्रीय सहारा ने इसी खबर को शीर्षक दिया है क्षेत्रीय शांति से खेल रहा है पाक दैनिक जागरण ने रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है मंदी को लेकर जतायी जा रही चिंताएं सही लेकिन हताश होने से नहीं बनेगी बात प्रभात खबर लिखता है अनंत के खिलाफ लुक आउट नोटिस की सिफारिश

छापेमारी अभियान जारी

कल सुपौल के बलुआ बाजार में होगा अंतिम संस्कार